केंद्रीय जल षक्ति मंत्रालय के इस समारोह में फिल्म अभिनेता आमीर खान ने जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी नेहा मीणा को ये पुरस्कार दिया मुख्यमंत्री कमलनाथ ने इस उपलब्धि पर इन्दौर जिला प्रशानसन की पूरी टीम को बधाई दी है गौरतलब है कि सुश्री मीणा के प्रयासों से इंदौर जिले के सिंदौड़ा गांव को प्रदेष का पहला एक बार उपयोगी प्लास्टिक से मुक्त गांव बनाया गया है इस गांव में ग्रामीण अब प्लास्टिक के स्थान पर कपड़ों का उपयोग कर रहे हैं वहीं सार्वजनिक समारोह में उपयोग के लिए एक बर्तन बैंक बनाया गया है अमित शाह भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि नागरिकता संषोधन कानून को लेकर विपक्ष लोगों को गुमराह कर रहा है उन्होने कल जबलपुर में एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि यह कानून किसी के खिलाफ नहीं है उन्होंने कहा है कि महात्मा गांधी से लेकर पंडित नेहरू तक ने षरणार्थियों को देष में षरण देने के लिये हर संभव मदद देने का आष्वासन दिया था रेल मंत्री रेलमंत्री पीयूष गोयल ने इंदौर और उज्जैन से वाराणसी के बीच विषेष ट्रेन चलाने की घोषणा की है उन्होनें कल उज्जैन में महाकाल के दर्शन के बाद इंदौर में मीडिया से चर्चा करते हुए बताया कि यह ट्रेन आइआरसीटीसी द्वारा चलायी जाएगी और इससे इन दोनों ही षहरों में आने वार्ले पर्यटकों को फायदा होगा उन्होंने बताया कि रेलवे में बाहरी एजेंसी और निवेष आने से रेलवे और यात्रियों दोनों को फायदा मिलेगा रेल मंत्री ने बताया कि देश में रेलगाडियों के परिचालन को बेहतर बनाने के लिये उन सभी स्टेशनों पर गाडियो का ठहराव बंद किया जाएगा जहां से यात्रियों का आवागमन कम है

किशोरों के अलावा उनके अभिभावक और शिक्षक भी किशोरों की समस्याओं से जुड़े मसलों को लेकर हेल्पलाइन नंबर पर उचित मार्गदर्शन हासिल कर सकेंगे

इसके अलावा शहर के चिन्हित धार्मिक स्थलों मेले हाट बाजार और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर टीकाकरण के लिए विषेष दलों का गठन किया गया है

प्रवेश पत्र राजभवन की वेबसाइट से डाउनलोड किए जा सकते हैं आवेदकों को प्रवेश पत्र उपलब्धता की सूचना मोबाइल पर एसएमएस द्वारा भी दी गई है

जिला पुलिस मुख्यालय के पुलिस अधीक्षक सूरज वर्मा ने आकाषवाणी को बताया कि इस अवसर पर जिले में यातायात सुधार के लिए की गई एक वर्ष की गतिविधियों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया जाएगा सड़क सुरक्षा जागरुकता से संबंधित पुस्तिका का भी विमोचन किया जाएगा अभय प्रषाल में आयोजित इस समारोह में स्कूली विद्यार्थियों के अलावा षहर की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने में सहयोग देने वाले संगठन भी षामिल होंगे सड़क सुरक्षा के लिए जागरुकता की एक रैली भी आयोजित की जाएगी लिटरेचर फेस्टिवल भारत भवन में चल रहे भोपाल लिटरेचर एण्ड आर्ट फेस्टिवल कार्यक्रम का कल समापन हो गया कार्यक्रम में पहुंचे नगरीय विकास और आवास मंत्री जयवर्द्वन सिंह ने कहा कि भारतीय संस्कृति कला और इतिहास से संबंधित पुस्तकों की मांग पुरे विश्व में है इस क्षेत्र में मध्यप्रदेश को लीड लेना चाहिये क्योंकि मध्यप्रदेश में संस्कृति और कला की विविधता व्यापक रूप में विद्यमान है उन्होंने कहा कि चम्बल निमाड़ महाकौशल ैऔर विंध्य क्षेत्र में संस्कृति और कला की विविधता व्यापक रूप से देखने को मिलती है इस मौके पर श्री सिंह ने पर्यावरण विज्ञान और रिश्ते नाते श्रेणी में लिखी गई विभिन्न कहानियों के लेखकों को पुरस्कृत किया और कई किताबों का विमोचन भी किया मौसम राजधानी भोपाल में कड़ाके की ठंड से मामूली राहत मिली है

उत्तर से सीधे हवा न आने की वजह से ये राहत मिली है मौसम विभाग के मुताबिक अगले दो दिनों में प्रदेश के ज्यादातर हिस्सों में दिन और रात के तापमान में इजाफा होने का अनुमान है खेलो इंडिया गुवाहाटी में खेलो इंडिया युवा खेलों में महाराष्ट्र ने पदक तालिका में अपनी स्थिति मजबूत बना ली है उसे साइकलिंग और एथलेटिक्स में विशेष सफलताए मिली हैं

किकेट टीम भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले पांच ट्वंटी ट्वंटी क्रिकेट मैचों की श्रृंखला के लिए रोहित शर्मा और मोहम्मद शमी की भारतीय टीम में वापसी हो गयी है भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने कल रात यह घोषणा की चयनकर्ताओं ने संजू सैमसन को सोलह सदस्यों की टीम से बाहर रखा है और अब ऋषभ पंत ही एक मात्र विकेटकीपर हैं टीम की कप्तानी विराट कोहली करेंगे

भारत न्यूटजीलैंड के खिलाफ तीन अंतरराष्ट्रीय एकदिवसीय मैच और दो टेस्ट मैच भी खेलेगा तेज गेदबाज जसप्रीत बुमराह ने काफी दिन चोटिल रहने के बाद टीम में वापसी कर ली है शिखर धवन भी टीम में शामिल है

इसका षुभारंभ कलेक्टर और खजराना गणेष मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष लोर्केष कुमार जाटव करेंगे